देश के पहले वर्चुअल राष्ट्रीय खिलौना मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से खिलौना उद्यमी शामिल होंगे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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा भीलवाड़ा में इस का शुभारंभ किया बाद में पत्रकारों से बातचीत में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नियमित तौर पर टीकाकरण करने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं जिन बच्चों और माताओं को अभी तक टीका नहीं लगाया जा सका है उन्हें इस अभियान के तहत मुफ्त टीका लगाया जा रहा है

अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ सुभाष गर्ग आज जयपुर में बच्चों को संबंधित टीके की खुराक दी

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में आज गांव जैसलां फालोदी से हमारे श्रोता राजाराम जंवर विश्नोई ने मैसेज भेजा है उन्होंने कहा कि कोराना वैक्सीन आने के बाद भी सावधानी बरतने मास्क पहनने दो गज की दूरी बनाये रखने की जरूरत है साथ ही उन्होंने जागरूकता के लिए आकशवाणी समाचार सुनते रहने की अपील की है हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जनजागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते है जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं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

उन्होंने कहा कि प्रंजीगत बजट में रक्षा सामग्री की देश में ही खरीद की व्यवस्था की गई है श्री मोदी ने रक्षा उपकरणो के आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया

मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों से भी खिलौने बनाने वाली इकाइयां अपने खिलौने प्रदर्शित करेंगी उदयपुर की खिलौना स्टार्टअप उद्यमी मयूरी सिसोदिया ने बताया कि केन्द्र सरकार की इस पहल से स्वदेशी खिलौना उद्योग को निश्चित ही फायदा होगा

जालौर के स्टाम्प वेंडर मुश्ताक खान ने आगामी बजट में स्टाम्प बिक्री की तय सीमा बढ़ाये जाने की आशा जताई है करौली की छात्रा रिया शर्मा ने बजट में बेरोजगारी दूर करने के उपायों के तहत सरकार से भर्ती प्रक्रिया की घोषणा की जरूरत बताई

उन्होंने देश और राज्य की खुशहाली और कोरोना संकमण खत्म होने की कामना की

इस चुनाव में कांग्रेस ने एक भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़ा नहीं किया था मतगणना पूरी होने के बाद नव निर्वाचित पार्षदों को प्रमाण पत्र वितरित किये गए अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव एक मार्च को होगा और उपाध्यक्ष का चुनाव दो मार्च को होगा

बड़े कूल की रस्म के तहत जायरीन ने दरगाह परिसर की केवडे और गूलाब जल से धूलाई की जायरीन इस पानी को बोतलों मे भरकर अपने साथ तबर्रुख के रूप में लेकर जाते हैं